तीसरे चरण का चुनाव तेईस अप्रैल को डाला जाएगा पर्चे भरने की आखरी तारीख चार अप्रैल है और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते है इधर अरुणाचल प्रदेश में ग्यारह अप्रैल को एक ही चरण में विधानसभा व लोकसभा चुनाव कराया जाएगा निर्वाचन आयोग ने पहली अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ताओं के मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी निर्वाचन आयोग इस बार मतदाता जागरुकता पर विशेष ध्यान दे रहा है कल दिल्ली के मुख्य चूनाव अधिकारी ने मतदाताओं को जागरुक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया आयोग ने दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रो पर लाने और उनको घर छोड़ने के लिए वाहनों की विशेष व्यवस्था की है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सवेरे नौ बजकर सत्ताईस मिनट पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पी एस एल वी सी पैंतालीस रॉकेट को सफलतापूर्वक छोड़ा इस रॉकेट ने सत्रह मिनट के अंदर एमीसैट उपग्रह को सात सौ चौवन किमोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किए हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा प्रक्षेपण के लगभग डेढ़ घंटे बाद इस रॉकेट ने अट्ठाईस छोटे विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया इन में से चौबीस अमरीका के दो लिथ्रआनिया के और एक एक उपग्रह स्पेन और स्विटजरलैंड के हैं

एक टवीट में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं से समूचे देश का आत्मविश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है उच्चतम न्यायालय ने इक्कीस दलों के नेताओं से कहा है कि वे मतदाता पर्चियों के बारे में निर्वाचन आयोग के हलफनामें से संबंधित अपना जवाब एक हफ्ते के भीतर दाखिल करे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु के नेतृत्व में इन विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत मतदान मशीनों की मतदाता पर्चियों की जांच की जाए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विपक्षी दलों के वकील ए एम सिंघवी को निर्देश दिया कि वे अगले सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिये इको प्रणाली तैयार करना जरुरी है उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार खोजने के बजाय रोजगार का सुजन करने वाला बनें उन्होंने आज भुबनेश्वर में भारतीय युवा शक्ति न्यास द्वारा आयोजित ग्रामीण युवा उद्यमियों को रोजगार सृजित करने के लिए शक्ति संपन्न बनाना नामक एक सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बेराजगारी प्रमुख चिंता का विषय है इसके लिए जरुरी है कि युवाओं के लिए एक इको प्रणाली विकसित की जाये ताकि वे अपना व्यापार स्थापित करके बेरोजगारी का मुकाबला कर सकें उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जन सांख्यकीय लाभ की आपार संभावना मौजूद है जिसके तहत युवाओं की क्षमता का भरपूर उपयोग होना चाहिए उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि समुचित संरचना का विकास किया जाये ताकि प्रौद्योगिकी आश्रित विश्व की चुनौतियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की जा सके भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को शिक्षित और जागरुक करने के लिए देशभर में एक सौ पचास से अधिक सामुदायिक रेडियों स्टेशनों से संपर्क किया है जो अपनी तरह की अनूठी पहल है

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित और जागरुक करने में सामुदायिक रेडियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना था विजया बैंक और देना बैंक का विलय आज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो जाएगा पिछले वर्ष सितंबर में इस विलय की घोषणा की गई थी इन दोनों बैंको के विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एच डी एफ सी बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा